प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल छह राज्यों के एक सौ सोलह जिलों में पचास हजार करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पतालों में इस माह के अंत तक बेड की संख्या को बढ़ाकर डेढ़ लाख करने के निर्देश दिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से नौ हजार छः सौ अड़तीस मरीज स्वस्थ हुए पांच हजार छः सौ उन्सठ का चल रहा है उपचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए कल गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजद्रों और ग्रामीण लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा यह अभियान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश झारखंड और ओडिशा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है इन जिलों में सत्ताइस आकांक्षी जिले भी शामिल हैं इन जिलों के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे योजना के तहत श्रमिकों और ग्रामीणों को पच्चीस विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ने प्रतिसर्घा पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र को पूरी तरह खोलने का बड़ा फैसला लिया है कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इकतालीस कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन नीलामी की शुरूआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्मर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोयले के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार वाले देश के संसाधनों को नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा श्री मोदी ने कहा कि सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है कोरोना के संकट ने भारत को आत्मनिर्मर भारत सेल्फ रिताइंट होने का सबक भी दिया है आत्मनिर्मर भारत यानीमारत इम्पोर्ट पर अपनी निर्मरता कम करेगा आत्मनिर्मर भारत यानी भारत इम्पोर्ट परखर्च होने वाली ताखों करोख़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों केकल्याण के लिए काम में लाएगा आत्मनिर्गर भारत यानी भारत को इम्पोर्ट न करना पड़े इसके लिए वो अपने ही देश में साक्षन और संसाधन विकसित करने कीदिशा में लगातार प्रयास करेगा आगे बढ़ेगा स स स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में इस माह के अंत तक बेड की संख्या को बढ़ाकर डेढ़ लाख करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बीस जून तक कोरोना की जांच क्षमता को बढ़ाकर बीस हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के भी निर्देश दिए मृख्यमंत्री कल लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की आवश्यकता है श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क कोई बाहर न निकले और सोशल डिस्टैंसिंग का हर हाल में पालन हो उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के अस्पतालों की व्यवस्थाओं की सीधी जानकारी प्राप्त करने के लिए शासन स्तर पर विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी को नामित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने अस्पतालों में कोविड हेल्य डेस्क बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से कोविड नाइन्टीन से बचाव और उपचार संबंधी जानकारी प्रदान की जाए मुख्यमंत्री ने बीस जून से शुरू हो रहे खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं इस वर्ष इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ होगी द्रदर्शन सुबह साढ़े छह बजे से इसका प्रसारण करेगा इस वर्ष कोरोना के कारण मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें

लेकिन आवश्यकता के अनुसार माकूल जवाब देने में भी उसे कोई संकोच नहीं है भोपाल में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश एकजुट है और अपने सैनिकों के साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि भारत ने हाल की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है और इस संकट की घड़ी में राजनीतिक बयानबाजी करने से बचने और समय के अनुसार खरा उतरने की आवश्यकता है मीडिया में झूठी खबरों की प्रवृत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि सही जानकारी प्राप्त करना लोगों का अधिकार है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने झूठी खबरों का पर्दाफाश करने के लिए पीआईबी में तथ्य जांच यूनिट का गठन किया है उन्होंने कहा कि ऐसी तथ्य जांच यूनिट राज्यों में भी गठित की जा रही हैं ताकि सही सूचना तक लोगों की पहुंच कायम हो

वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर पंद्रह हजार सात सौ पव्वासी के पार कर गई है राज्य में पांच हजार छः सौ उन्सठ सक्रिय मरीज हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में छः सौ तीस नये कोविड नाइन्टीन के मामले मिले हैं राज्य में अब तक इस बीमारी से चार सौ अट्ठासी लोगों की मौत हुई है प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है और व्धवार को सोलह हजार पांच सौ छियालीस टेस्ट हुए उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में तेईस राजकीय और ग्यारह निजी क्षेत्र के जांच केन्द्र कार्यरत हैं स स स देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह लगभग तिरपन प्रतिशत हो गई है अब तक करीब एक लाख चौरानबे हजार तीन सौ चौबीस मरीज ठीक हो चुके हैं करीब एक लाख साठ हजार मरीजों का इलाज चल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि पिछले चौबीस घटों के दौरान एक लाख पैंसठ हजार से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई अब तक बासठ लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है जांच में तेजी लाने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढाकर छः सौ निन्यानबे जबकि निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर दो सौ चौवन कर दी गई है

इसका उद्देश्य कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ने के देश के सामूहिक प्रयासों में योगदान करना है किसी भी आईआईटी संस्थान अथवा प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर द्वारा अपनी तरह का यह पहला प्रयास है

उत्पादन के दौरान किसी भी संगावित संक्रमण को रोकने के लिए निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित रखी गयी है आईआईटी कानपुर के निरेशक प्रोफेसर अगय करंदीकर ने कहा फेस मास्क इस का एक जरूरत बन चुके हैं और इस पहल के पीछे यह विचार था कि किसी भी व्यक्ति को पैसे की कनी या मास्क की उपलब्धता न होने की रजह से इससे बंकित न रहना पड़े ये मास्क बहुत ही ससी कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध हॉंगे इसके साथ ही लोग इन मास्कको कपनी की वेबसाइट के साथ साथ कई प्रमुख ई कॉमस् प्लेटफॉर्म पर भी खरीद सकेंगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि निजी क्लीनिक सरकार द्वारा निर्वारित प्रोटोकॉल के अनुसार ओपीडी का संचालन कर सकते हैं उन्होंने अस्पतालों से कोविड नाइन्टीन विशेष अस्पताल संचालित करने के लिए आगे आने की अपील भी की उधर जनपद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना के लक्षण दिखायी देने पर तुरंत जांच कराएं ताकि जल्द इलाज मिल सके और इस महामारी से होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके